विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण के लिए मिलेंगे पैंतालीस पैंतालीस मिनट का समय प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अपना जन घोषणा पत्र आठ नवंबर तक जारी करेगी राजनांदगांव जिले में माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में आईटीबीपी के तीन जवान घायल

पहले चरण में प्रदेश के आठ जिलों की अट्ठारह विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा राज्य में क्ल नब्बे विधानसभा सीटें हैं नामांकन दाखिले के पहले दिन आज किसी भी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया हालांकि कुछ जगहों से नामांकन पत्र खरीदे जाने के समाचार मिले हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि प्रथम चरण में बस्तर संभाग के सात जिलों की बारह विधानसभा सीटों और राजनांदगांव जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई है श्री साहू ने बताया कि पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं अंट्ठारह विधानसभा सीटों के लिए इकतीस लाख उनयासी हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इनमें सोलह लाख इक्कीस हजार से अधिक महिला पंद्रह लाख संतावन हजार से अधिक पुरूष और उनयासी तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं पहले चरण के मतदान के लिए चार हजार तीन सौ छत्तीस मतदान केन्द्र बनाए गए हैं उन्होंने बताया कि आगामी तेईस अक्टूबर नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है चौबीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और प्रत्याशी छब्बीस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे प्रथम चरण के लिए बारह नवंबर को मतदान होगा जबकि दोनों ही चरणों के लिए मतगणना ग्यारह दिसंबर को होगी

सी विजिल यानी सिटीज़न विजिल मोबाइल ऐप का प्रयोग देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है इस मोबाइल ऐप का उपयोग छत्तीसगढ़ सहित चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है गौरतलब है कि सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को मौके से आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना फोटो या वीडियो के जरिये भेजने का अवसर प्राप्त होगा इससे स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी सी विजिल एक सिटीजन सैंट्रिक एन्ड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप है जिसकी संहायता से कोई भी नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कोई भी गतिविधि उनको दिख रही है तो उसकी ऑनलाइन सूचना सक्षम अधिकारी को दे सकते हैं सी विजिल ऐप के जरिये प्राप्त शिकायतों पर चुनाव आयोग के विभिन्न दल मौके पर पहुंचकर समय सीमा के भीतर जरूरी कार्रवाई करेंगे निर्वाचन आयोग समय आवंटन भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश और मिज़ोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण समय आवंटित कर दिए हैं आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी को कुल पैंतालीस मिनट का समय दिया जाएगा एक सत्र के प्रसारण में किसी पार्टी को पंद्रह मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायेगा प्रसारण की अवधि इन राज्यों में पहले चरण के चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख से लेकर प्रत्येक चरण के मतदान के दो दिन पहले तक होगी प्रसार भारती आयोग के परामर्श से प्रसारण की वास्तविक तिथि और समय निर्धारित करेगा पार्टियों के प्रसारण के अलावा प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अधिकतम दो पैनल की परिचर्चा भी आयोजित करेगा

स्वीप कार्यक्रम सुकमा जिले में आज ग्राम मुकरम के ग्रामीणों ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत रैली निकाली और शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया ग्रामीणों ने यह संकल्प जिला प्रशासन के कार्यक्रम से प्रभावित होकर लिया है गौरतलब है कि पिछले चुनाव में इस गांव में एक भी मतदान नहीं हुआ था उधर दुर्ग में कलेक्टर उमेश अग्रवाल ने मतदाताओं में जागरूकता लाने बारह ऐप वाहनों को तैयार कर वैशाली नगर भिलाई नगर और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं भिलाई में नगर पालिक निगम क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली इसके अलावा निगम कार्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया

यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष और विधानसंभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जन घोषणा समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी उन्होंने बताया कि इस जन घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ साथ आम नागरिकों से भी चर्चा की गई है इसमें किसानों की कर्जमाफी के साथ साथ प्रदेश में लोकपाल नियुक्त करने और इसके दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाने का वादा किए जाने की संभावना है साथ ही गरीबों का बिजली बिल आधा करने और आउटसोसिंग बंद करने जैसे वादे भी किए जा सकते हैं श्री सिंहदेव ने कहा कि जन घोषणा पत्र को तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इसमें किए जाने वाले वादे वित्तीय रूप से व्यावहारिक हो भाजपा कांग्रेस प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश को लेकर आज दोपहर रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय के सामने कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गौरतलब है कि कांग्रेस नेत्री करूणा शुक्ला भाजपा पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई थी भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया जवान घायल गिरफ्तार राजनादगांव जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के तीन जवान घायल हो गए हैं घायल जवानों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से राजधानी रायपुर लाया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज सुबह आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र मानपुर मोहला के अंतर्गत रामगढ़ परवी पारवी और हिदर्कोटोला इलाके में तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए बारूदी सुरंग विस्फोट किया इसके बाद माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग भी शुरू कर दी सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस बीच घने जंगलों का फायदा उठाकर माओवादी वहां से भाग निकले

घटना के बाद राजनांदगांव से सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम भेजी गई है इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है वहीं सुरक्षा बलों ने इसी जिले के राजाडेरा और रामगढ़ की पहाड़ी में तलाशी अभियान के दौरान चार माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं उधर कोंडागांव जिले के कुआंकोंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ेगुडरा के जंगल में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इधर दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल और परचेली में सुरक्षा बलों की टीम ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए स्पाईक और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है

वे पचयासी वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे स्वर्गीय त्रिपाठी का आज सुबह ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया वे उन्नीस सौ सतहत्तर में सामान्य सीट अंबिकापुर से विधायक बने और तत्कालीन मध्यप्रदेश की सरकार में पहले विधि विधायी और वन मंत्री रहे बाद में उन्होंने गृह मंत्री का दायित्व भी संभाला था राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने स्वर्गीय श्री त्रिपाठी के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ईष्यर से प्रार्थना की है डेंगू मौत भिलाई में डेंगू से बीती रात एक और व्यक्ति की मौत हो गई अब तक डेंगू से भिलाई में पैंतालीस से अधिक लोगों की मौत हो चुकी हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक संजय भागचंदानी छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश मंत्री था